कोविड संदेश कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

उन्होंने कहा कि इसी तरह रोहडू रामपुर बुशहर के खनेरी और ठियोग नागरिक अस्पतालों की बिस्तर क्षमता को बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिएं

उन्होंने कहा कि सेना के अधिकारियों से सेना अस्पताल के उपयोग की अनुमति से संबंधित मामला भी उठाया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीज़न उपकरणों और दवाओं की कोई कमी नहीं है उन्होंने कहा कि रोहडू और रामपुर के अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने पर विचार किया जा रहा है शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल उपायुक्त आदित्य नेगी सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद रहे भारद्वाज इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला के ट्रटीकंडी स्थित वाहन पार्किंग का निरीक्षण किया और पार्किंग को कोविड सेंटर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए उन्होंने कहा कि शहर के आस पास के क्षेत्रों में भी अस्थाई कोविड सेंटर बनाने के लिए जगह के चयन के लिए निरीक्षण किए जा रहे हैं

इन लोगों को पहली मई से कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीका लगाया जाएगा इस चरण में टीकाकरण के लिए पंजीकरण अनिवार्य है और लोग को विन पोर्टल कोविन डॉट गोव डॉट इन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं

केन्द्र ने अब राज्यों और निजी अस्पतालों को भी उत्पादक से टीका खरीदने की छूट दी है टीकाकरण केन्द्र राज्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को संबंधित जिलों में नए निजी कोविड टीकाकरण केन्द्रों के पंजीकरण नामित किया गया है एक सरकारी प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इन अधिकारियों को कोविन एप पर निजी संस्थानों के आवेदन प्राप्त होने के दो दिन के भीतर नए निजी कोविड टीकाकरण केन्द्र के पंजीकरण का निर्णय लेना होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए निजी स्वास्थ्य संस्थान के पास पर्याप्त कोल्ड चेन उपकरण क्षमता प्रतिक्षालय टीकाकरण और टीकाकरण के बाद देखभाल के लिए पर्याप्त स्थान होना अनिवार्य है साथ ही मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित वैक्सीनेटर और वैरीफायर्ज़ भी उपलब्ध होने चाहिएं ये केन्द्र टीकाकरण के बाद विपरीत परिस्थिति के प्रबंधन में भी सक्षम होने चाहिएं आग राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने शिमला जिला में कोटखाई के फनैल गांव में हुई आगजनी की घटना पर दुख जताया है

राज्यपाल ने प्रभावित परिवारों को रेडक्रॉस की ओर से फौरी राहत सामग्री भेजी है और प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए खाली पड़े सरकारी भवनों को कोविड केन्द्रों के तौर पर प्रयोग करने की सलाह दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ एक बैठक में उन्होंने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए कड़े उपायों की ज़रूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इसके लिए जनहित में पार्टी सरकार का सहयोग करेगी राठौर ने कहा कि संकट के इस काल में कुछ दवा विक्रेता कालाबाज़ारी कर रहे हैं उन्होंने इनके निरीक्षण के लिए विशेष टास्क फोर्स की जरूरत बताई

स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि इनमें दो लाख से अधिक वे व्यक्ति शामिल हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज़ भी लगा दी गई है

उन्होंने कहा कि सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण का कार्य वैक्सीन की आपूर्ति पूरी होने के बाद ही शुरू किया जाएगा और पात्र व्यक्ति अगर चाहें तो निजी टीकाकरण केंद्रों पर भी निर्धारित शुल्क जमा करवा कर टीका लगवा सकते हैं हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है

वेबिनार सूचना व प्रसारण मंत्रालय और केंद्र व राज्य सरकार के विभागों की इकाईयों की इंटर मीडिया प्रचार समन्वय समिति की एक बैठक आज पीआईबी चंडीगढ़ की अतिरिक्त महानिदेशक देवप्रीत सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई पत्र सूचना कार्यालय शिमला द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस बैठक में कोविड टीकाकरण अभियान और पहली मई से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के महत्व संबंधी गतिविधियों पर विचार विमर्श किया गया इस दौरान सभी इकाईयों को कोरोना बचाव के संदेशों को बढ़ाने के अलावा लोगों में विभिन्न माध्यमों से जागरूकता लाने पर जोर दिया गया